भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने बताया कि श्री वाजपेयी के अस्थि कलश कार्यक्रम में बदलाव किया गया हैं और अब अस्थि कलश बाईस अगस्त को जयपुर लाये जायेंगे उन्होंने बताया कि श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए कल शाम सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जायेगी

राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि केरल भयंकर बाढ़ और अतिवृष्टि की त्रासदी झेल रहा है उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रदेश के आईएएस अधिकारी केरल के लोगों के साथ हैं

धौलपुर के बीहड़ों में रहने वाले इस दस्यू पर दर्जनों स्थानों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप हैं

आईजी मालिनी अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत को जगन गुर्जर के कोहडापुरा गांव आने की सूचना मिली इस पर पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया और जैसे ही जगन ने गांव में प्रवेश किया तो पुलिस से घिरा हुआ देख उसने आत्मसमर्पण कर दिया जगन गुर्जर पर राजस्थान के अलावा अन्य कई प्रदेशों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि जल्दी ही इन पदों पर पदस्थापन कर प्रदेश में शिक्षण प्रशिक्षण को नये आयाम दिये जाएंगे

घायलों को सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही हैं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरु किया गया जैसलमेर जिले में फतेहगढ़ तहसील के कोडा गांव में कल तीन भाइयों सहित चार बालकों की पानी में डूबने से मौत हो गई ये बालक खेत से आ रहे थे कि एक खुदाई के दौरान बने गहरे खड्डे में भरे पानी में नहाने लग गये और उसमें डूब गये

दौसा जिले के मंडावरी गांव के पास पिकअप की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई

प्रदेश कांग्रेस की ओर से इस उपलक्ष्य में कल समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया गया

इसके अलावा भारत को कल निशानेबाजी में एक कांस्य पदक भी हासिल हुआ